गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के चौरासी हजार पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं के बैंक खातों में चौथी किश्त की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दृष्पचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया किसान और श्रमिक के नाम पर देश में राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी लेकिन उन्हें मिला क्या सिर्फ वायदों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल एक ऐसा जाल जिसको न तो किसान समझ पाता था और न ही मेरे श्रमिक भाई बहन समझ पाते किसानों को ऐसे कानूनों में उलझाकर रखा गया है जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मनमुताबिक बेच भी नहीं सकता था नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे नए कानूनों से प्रत्येक सौ में से पचयासी किसानों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं दीनदयाल उपाध्याय जयंती एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने नई दिल्ली स्थित उनकी प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इधर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई इस अवसर पर मुंगेली स्थित जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इसके अलावा सभी मंडलों के बूथों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए गोधन न्याय योजना गोधन न्याय योजना के तहत आज प्रदेश के लगभग चौरासी हजार पश्पालकों और गोबर विक्रेताओं को चौथी किश्त के रूप में आठ करोड़ दो लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्रॉहियों के बैंक खाते में यह राशि अंतरित की चौथी किश्त की यह राशि एक सितंबर से पंद्रह सितंबर तक राज्य के तीन हजार एक सौ बाईस गौठानों में क्रय किए गए लगभग चार लाख क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई है इस योजना के तहत अब तक बीस करोड़ बहत्तर लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पंचानवे हजार को पार कर गई है इसमें दस हजार से ज्यादा मरीज रायपुर जिले के हैं प्रदेश में कल दो हजार दो सौ बहत्तर मरीजों की पुष्टि की गई थी वहीं प्रदेश में अब तक सात सौ बावन मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है आज भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाने में पदस्थ तीन एएसआई समेत छह पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है उधर कोंडागांव जिले के केशकाल में पंद्रह नए कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें बैंककर्मी और पुलिस आरक्षक भी शामिल हैं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन प्रभावशील है महासमुंद शहर में बिना मास्क पहने घूमते पाए जाने पर उनतीस लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई जबकि बसना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सात दकानों को सील कर दिया गया है इधर दूर्ग जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले नौ दुकानदारों पर नौ हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया

वहीं जांजगीर चांपा जिले के शहरी क्षेत्रों और सैंतीस गांवों में भी लॉकडाउन लागू है कलेक्टर ने आज शहर में स्थिति का जायजा लिया और अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि अंतर्जिला ई पास होने पर ही जिले में प्रवेश और निर्गम की अनुमति दी जाएगी इस बीच बिलासपुर में समाजसेवियों और व्यावसायियों द्वारा जिला कलेक्टर को सत्रह ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए कलेक्टर ने शहर के सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों से कोविड अस्पतालों में सुविधाए बढ़ाने के लिए सहयोग की अपील की है मेडिकल ऑक्सीजन प्रदेश में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के सुलम वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष बनाया गया है इससे कोविड पीडि़त मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा स्वास्थ्य विमाग के विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं जिला स्तर पर भी मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष का गठन किया जा रहा है राज्य स्तरीय कंट्रोल कक्ष प्रदेश में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता की नियभित निगरानी करते हुए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा मेडिकल ऑक्सीजन के अंतर्राज्यीय परिवहन में यदि दिक्कत आती है तो यह कंट्रोल रूम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल कंट्रोल रूम से समन्वय कर समस्या का निराकरण भी करेगा इसी तरह जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और किसी प्रकार की कठिनाई होने पर राज्य स्तरीय समिति से समन्वय कर उसे दूर करेगी दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने आज प्रदेश के कोविड अस्पतालों केयर सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों की काउंसिलिंग व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों को तनाव चिंता उदासीनता और अवसाद से मुक्त रखने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखमाल पर भी विशेष जोर दिया उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के मानसिक स्वास्थ्यगत समस्याओं के निराकरण के लिए टेलीफोनिक परामर्श देने हर जिले में फोन नंबर जारी किए जाएंगे इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने शासकीय बैठकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल बैठक में सीमित संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना जांच प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के साथ ही राज्य में बड़ी संख्या भें कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा मोबाइल टीमें भी कोरोना जांच के कार्य जुटी हुई हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए वर्तमान में आठ सौ बत्तीस केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की जा रही है इनमें से पांच सौ उनतालीस केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वहीं छत्तीस केन्द्र शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं जांच की सुविधा शासकीय मेडिकल कॉलेजों जिला अस्पतालों सिविल अस्पतालों और शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में उपलब्ध कराई गई है इसके अलावा मोबाइल टीमों द्वारा भी कोरोना की जांच की जा रही है प्रदेश में अब तक लगभग दस लाख नमनों की जांच की जा चुकी है राज्य के स्वास्थ्य विमाग ने कोरोना जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है इसके लिए एक खास पोर्टल बनाया गया है कोरोना जांच करवाने के बाद कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट देख सकता है विकल्प शक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने गौरेला और पेण्ड्रा के म्रमण के दौरान वहां के नागरिकों को इस संबंध में जानकारी दी श्री अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनभावनाओं को देखते हुए गौरेला और पेण्ड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है मनरेगा रोजगार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रॉमीण परिवारों को वर्ष में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है समिति को पंद्रह दिनों के भीतर ग्रामीणों को वर्ष में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तत करने कहा गया है एनएचएम हडताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत् संविदाकर्भियों की हड़ताल को देखते हुए शासन प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है इसके बाद कई जिलों से हड़ताली कर्मचारियों के काम पर लौटने की खबर मिली है महासमुंद जिले में सभी हड़ताली संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपने काम पर प्रनः लौट आए हैं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना की विषम परिस्थितियों में जिला प्रेशासन और समाज की अपील पर दो सौ इकसठ संविदा स्वास्थ्यकर्मी हडताल छोडकर काम पर लौटे हैं वहीं राजनांदगांव जिले में भी ज्यादातर हड़ताली स्वास्थ्यकर्मियों के काम पर पूनः लौटने की खबर है जिले में करीब ढाई सौ संविदाकर्मियों ने हड़ताल छोड़कर काम पर लौटने की सहमति जताई थी इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल रोक दी है उधर सरगुजा जिले में आंदोलनरत् संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है जिले में अब तक तेईस संविदाकर्मियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ संविदाकर्मी काम पर लौटने भी लगे हैं

सीआरपीएफ की एक सौ अडसठवीं बटालियन और कोबरा जवानों की टीम बासागडा थाना क्षेत्र के चिरपुरमटटी और क्सपाका की ओर सर्विंग पर निकली थी इसी दौरान माओवादी संगठन के इस डॉक्टर को पकड़ा गया इस बीच बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बीजापुर और बासागुड़ा क्षेत्र का दौरा किया इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ कोबरा बटालियन एसटीएफ सहित पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने पुलिस जवानों से भी मुलाकात की और उन्हें माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए दूसरी ओर आईटीबीपी के आईजी ने राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इसके बाद उन्होंने माओवाद प्रभावित बकरकट्टा क्षेत्र का दौरा किया इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ भी चर्चा की और उन्हें माओवाद विरोधी अभियान को तेज करने के साथ ही विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हाथी उत्पात जशपूर जिले में आज हाथी के हमले से दो ग्रामीणों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना पत्थलगांव के तपकरा वन परिक्षेत्र के ग्राम दाईजबहार की है घटना के बाद क्षेत्र में वन विमाग ने लोगों को हाथियों से सतर्क रहने की अपील की है वहीं महासमुंद जिले के बरोंडाबाजार साराडीह मार्ग पर भी हाथी के हमले से दो युवक घायल हो गए हैं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है कृषि संशोधन बिल प्रदर्शन संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन और श्रम कानूनों में संशोधन बिल के विरोध में आज कृछ संगठनों द्वारा बंद का आव्हान किया गया था इस बंद के समर्थन में रायपुर में माकपा और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रदर्शन किया इसे अन्य नेताओं के साथ माकपा के राज्य सचिव धर्मराज महापात्र ने भी संबोधित किया किसान संगठनों के इस बंद के आव्हान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था

मतगणना दस नवम्बर को होगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है उन्होंने कहा कि पहले चरण में अट्ठाईस अक्टूबर को इकहत्तर दूसरे चरण में तीन नवंबर को चौरानवे सीटों और तीसरे चरण में सात नवंबर को अटहत्तर सीटों पर वोट डाले जाएंगे मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है मौसम विमाग से भिली जानकारी के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तरप्रदेश के ऊपर स्थित है इसके साथ ही चक्रवाती घेरा बना हुआ है मानसून द्रोणिका निम्न दाब के क्षेत्र से अंदरूनी ओडिशा तक बनी हई है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई संक्षिप्त समाचार बिलासपुर जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आठ हजार दो सौ पैंसठ अध्रे आवासों को पूरा करने और निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं महासमुंद जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत साढ़े चार लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है यह कार्रवाई खाड़ा जलाशय के दूटने के मामले में की गई है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम अवरीद अमोरा के पास अज्ञात लोगों ने एक नगर सैनिक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी राजनांदगांव जिले में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं तीन अन्य आरोपी फरार हैं बिलासपुर जिले में पुलिस ने सरकंडा के पास से सद्टा पट्टी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से नगद राशि सहित लैपटॉप जब्त किया गया है